उन्होंने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस साल देश के समक्ष कई चुनौतियां और संकट आये लेकिन इनसे निपटने का नया सामर्थ भी पैदा किया गया प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से काम करने का आवहन करते हुए कहा कि कोरोना के चलते देश पर काफी संकट आये दुनिया में वस्तुओं की सप्लाई चेन में भी बाधायें आई फिर भी हमने हर संकट का हिम्मत से सामना किया ज्यादातर लोगों ने देश सामर्थ की सराहना की श्री मोदी ने सभी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर भी बल दिया

मध्यप्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्री मोदी के संबोधन को सुना

विधानसभा और विधायक विश्रामगृह में कार्यरत कर्मचारियों के बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने से विधानसभा सचिवालय ने प्रत्येक विधायक की कोरोना जांच को अनिवार्य किया है लेकिन सर्वदलीय बैठक ना होने से सत्र आहुत करने पर असामंजस्य बना हुआ है सूत्रों ने बताया कि शाम तक सत्र को लेकर फैसला कर लिया जायेगा संभावना यह भी जताई जा रही है कि सत्र की अवधि तीन दिन से घटाकर दो या एक दिन की जा सकती है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

भोपाल के ओलिंपियन हॉकी खिलाडी इनाम उर रेहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाज़ा जायेगा इंदौर को अभिलाष एमटी और शरद जपे के साथ ही भोपाल के गिरधारी लाल यादव को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है मौसम प्रदेश में चक्रवाती गतिविधियां बढ़ने से कल से ठंड बढ़ने के आसर हैं

उमरिया आज भी सबसे सर्द रहा

पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केन्द्र और राज्य सरकार की उपल्बिधयां विषय पर उदबोधन दिया

कुलपति दीपेश मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में छात्रों को वर्चुअल डिग्री दी जायेगी प्रदेश में मिलावट से मुक्ति के लिए व्यापक अभियान चलाया जाा रहा है

बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी